उन्होंने कहा आत्मनिर्भर भारत का अर्थ आयात को कम करना और दुनिया में निर्यात का विस्तार करना है

आज पन्द्रह ट्रेनों के माध्यम से चौबीस हजार सात सौ पचास कामगार राज्य के विभिन्न हिस्सों में पहुंचे

अब तक चौबीस लोगों की हो चुकी है मौत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कोरोना महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार को धीमा भले ही किया हो लेकिन भारत विकास की राह पर फिर से वापस लौट आयेगा श्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत प्रयोजन समायोजन अवसंरचना निवेश और नवप्रवर्तन के जरिये विकास की राह पर आगे बढ़ेगा और आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हासिल करेगा भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई के एक सौ पच्चीसवें स्थापना दिवस समारोह को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सम्बोधित करते हुए उन्होंने विकास की राह पर लौटने को लेकर अपने विचार साझा किये

हमें एक तरफ देशवासियों का जीवन भी बचाना है तो दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को भी स्टेबुलाइज करना है स्पीडअप करना है इस सिचुएशेन में आप ने गेंटिंग ग्रोथ बैक इस बात को प्राथमिकता दी है और निश्चित तौर पर इसके लिए आप सभी भारतीय उद्योग जगत के लोग बधाई के पात्र हैं बल्कि मैं तो गेंटिंग ग्रोथ बेक से आगे बढ़कर ये भी कहूंगा यस यस वी विल डेफिनेटली गेटिंग अवर ग्रोथ बेक प्रधानमंत्री ने लोगों की जीवन रक्षा और देश की अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने की आवश्यकता पर जोर दिया

काफी हिस्सा अभी आठ जून के बाद और खुलने जा रहा है यानि गेंटिंग ग्रोथ बेक की शुरूआत तो एक प्रकार से हो चुकी है आज ये सब हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि जब दुनिया में कोरोना वायरस पैर फैला रहा था तो भारत ने सही समय पर सही तरीके से सही कदम उठाए प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत चौहत्तर करोड़ लाभार्थियों को अनाज उपलब्ध कराया गया

प्रवासी श्रमिकों के लिए भी फ्री राशन पहुंचाया जा रहा है

महिलाएं हों दिव्यांग हो बुजुर्ग हो श्रमिक हो हर किसी को इससे लाभ मिला है श्री मोदी ने कहा कि आठ करोड़ रसोई गैस सिलेन्डर बांटे गये और पचास लाख कर्मचारियों का कर्मचारी भविष्य निधि का चौबीस प्रतिशत अंशदान सरकार ने उपलब्ध कराया उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों के अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए जो उपाय किये हैं उनकी कई दशक से प्रतीक्षा थी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तरह की इकाइयां देश के सकल घरेलू उत्पाद में तीस प्रतिशत का योगदान करती हैं और इनका देश की आर्थिक स्थिति पर जबर्दस्त असर पड़ता है उन्होंने मेड इन इंडिया मेड फॉर द वर्ल्ड का आह्वान करते हुए देश को आत्मनिर्भर बनाने पर बल दिया श्री मोदी ने उद्योगों को भरोसा दिलाया कि आत्मनिर्भर भारत की साझा परिकल्पना को पूरा करने के लिए सरकार उन्हें पूरी मदद देगी भारत दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल फोन और इलेक्ट्रोनिक्स उत्पाद निर्माता के रूप में उभर कर सामने आ रहा है केन्द्रीय इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना टैक्नोलोजी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने देश में इलेक्ट्रोनिक्स और मोबाइल फोन विनिर्माण इकाइयों की बड़े पैमाने पर स्थापना करने के लिए ऐतिहासिक रूपरेखा की जानकारी दी आत्मनिर्भरता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मेड इन इंडिया मेड फॉर द वर्ल्ड के आह्वान का उल्लेख करते हुए श्री प्रसाद ने कहा कि आत्मनिर्भरता का अर्थ अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करना है

ऐसा अनुमान है कि इन तीन नई योजनाओं से बड़े पैमाने पर निवेश भारत में आयेगा इसके अतिरिक्त इससे मोबाइल फोन और उनके कलपुर्जों का उत्पादन भी बढ़ेगा दो हजार पच्चीस तक भारत में मोबाइल फोन का उत्पादन दस लाख करोड़ के आसपास पहुंच जाने का अनुमान है देश के विभिन्न हिस्सों से प्रवासी श्रमिकों के आने का सिलसिला लगातार कम हो रहा है आज पन्द्रह ट्रेनों के माध्यम से चौबीस हजार सात सौ पचास प्रवासी कामगार प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में पहुंचे कल छह श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों से नौ हजार नौ सौ लोग राज्य के विभिन्न हिस्सों में पहुंचेंगे वंदे भारत मिशन के तहत आज गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक सौ उनसठ अप्रवासी भारतीयों को लेकर विशेष उड़ान पहुंची इनमें एक सौ पच्चीस बिहार के और चौवालीस झारखंड के रहने वाले हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि झारखंड के लोगों को विशेष वाहन से रांची भेज दिया गया है जबकि बिहार के लोगों को होटलों में बनाये गये क्वारेंटीन केन्द्रों में भेजा गया है इधर अठारह मई को यूनाईटेड किंगडम से लौटे अठाईस लोगों को आज क्वारेंटीन की अवधि पूरी होने के बाद घर भेज दिया गया है केन्द्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर लगातार बढ़ रही है

आज एक सौ चार नये मामले सामने आने के साथ ही पॉजिटिव मरीजों की संख्या चार हजार उनचास हो गयी है सबसे अधिक पूर्णियां से उन्नीस मामले सामने आये हैं लखीसराय से अठारह अररिया से बारह मधेपुरा से आठ भागलपुर से सात पटना समस्तीपुर और शेखपुरा से छह छह किशनगंज से चार खगड़िया और गया से तीन तीन सुपौल सारण गोपालगंज और बेगूसराय से दो दो तथा बक्सर मुंगेर शिवहर और जमुई से एक एक मामले सामने आये हैं स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि पिछले चौबीस घंटे में बासठ मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गयी है स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर एक हजार आठ सौ तीन हो गयी है वहीं इस महामारी से अब तक चौबीस लोगों की मौत हो चुकी है श्री सिंह ने बताया कि अब तक जो मामले सामने आये हैं उनमें से दो हजार नौ सौ इकसठ प्रवासी लोगों के हैं उन्होंने बताया कि होम क्वारेंटीन में रह रहे तीन लाख चौवन हजार लोगों के स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग की जा चुकी है इनमें से एक सौ नौ लोगों में सर्दी खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ की शिकायत मिली है देश भर में कोविड उन्नीस संक्रमित लोगों की संख्या बढकर एक लाख अंठानवे हजार से अधिक हो गयी है स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार पचानवे हजार पांच सौ सताईस लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गयी है वहीं इस महामारी से देश में अब तक पांच हजार पांच सौ अंठानवे लोगों की मौत हुई है नई दिल्ली स्थित भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों को कोविड उन्नीस संक्रमण के प्रसार को रोकने सामाजिक दूरी बनाए रखने और स्वच्छता के मानदंडों का कडाई से पालने करने की सलाह दी

हम यह एक नियम बना ले कि चाहे वो थूकना हुआ चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हुआ चाहे जब भी घर आयें तो हाथ धोएं जब भी किसी से मिले तो हाथ जोड़कर मिलें और हैंड वॉसिंग रेगुलरली करे इससे कोविड ही नहीं कईं और इन्फेंक्शन जैसे स्वाइन फ्लू या टीबी है ये भी हमारे देश में कम होंगे प्रख्यात फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन ने कहा कि कोरोना से डरने की नहीं लड़ने की जरूरत है

याद है जब बचपन में हमें खांसी बुखार हो जाता था बदन दुखता था तो हम रोते हुए मां के पास जाते थे और उन्हें हम अपनी तकलीफ बताते थे मां कुछ घर की दवाई जैसे काढ़ा हो हल्दी हो उससे आराम देती थी हमें जरूरत पड़ने पर डॉक्टर के पास ले जाती थी और कुछ दिनों बाद हम खेलने कुदने लग जाते थे आज कोरोना की इस लड़ाई में हमें फिर से यही करना है अपनी तकलीफ को अपनों को बताना है राहत पाना है इलाज कराना है खेलना कूदना है जीतना है इसी में सबकी भलाई है देखिए बीमारी कोई कलंक नहीं होती परिवार तो आपका भला ही चाहता है न तो चलिए फिर से बच्चे बन जाते हैं अपनी तकलीफ अपनों को बताते हैं कोरोना से हमें लड़ना है डरना नहीं है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शहरी क्षेत्रों के रिक्शा ठेला चालक सहित जरूरतमंद परिवारों के बीच मास्क के वितरण का निर्देश दिया है आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों के बीच कोविड उन्नीस को लेकर व्यापक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता है श्री कुमार कल स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से वर्तमान स्थिति की समीक्षा बैठक करेंगे प्रदेश में लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में अब तक दो हजार दो सौ इकसठ मामले दर्ज किये गये हैं वहीं दो हजार चार सौ बयालीस लोगों को गिरफ्तार किया गया है पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक बीस करोड़ छियासठ लाख रूपये से अधिक की राशि जुर्माने के रूप में वसूली गयी है वहीं छियासी हजार एक सौ तेरह वाहन भी जब्त किये गये हैं रोहतास जिले के तीन कंटेनमेंट जोन को आज समाप्त कर दिया गया जिलाधिकारी पंकज दीक्षित ने बताया कि सासाराम नगर परिषद के वार्ड नम्बर पांच और न्यू एरिया कैलाशनगर तथा नेकरा गांव अब कंटेनमेंट जोन नहीं रहेंगे और अब यहां सभी गतिविधियां सामान्य रूप से संचालित होंगी गया जिला प्रशासन ने शहर के भीड़ भाड़ वाले बाजारों में यूनिफॉर्म में एनसीसी एनएसएस एनवाइ के तथा स्कॉउट एण्ड गाइड के स्वयंसेवकों की तैनाती का फैसला किया है ये स्वयंसेवक लोगों को सामाजिक दूरी के नियम और कोविड उन्नीस के संबंध मे सुरक्षात्मक सुझाव देंगे शिवहर जिले के सभी थाना को ऑनलाइन कर दिया गया है अपनी सभी सेवाओं को ऑनलाइन करने वाला शिवहर प्रदेश का पहला जिला है प्रलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने बताया कि जिला पुलिस द्वारा वेबवाइट और शिवहर पुलिस के नाम से मोबाइल एप की भी शुरूआत की गयी है

उन्होंने कहा आत्मनिर्भर भारत का अर्थ आयात को कम करना और दुनिया में निर्यात का विस्तार करना है

आज पन्द्रह ट्रेनों के माध्यम से चौबीस हजार सात सौ पचास कामगार राज्य के विभिन्न हिस्सों में पहुंचे

अब तक चौबीस लोगों की हो चुकी है मौत